राष्ट्र आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनका पृण्य स्मरण कर रहा है

यह निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल देर शाम हई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया इस निर्णय से चार सौ इकहत्तर कल्याणकारी संस्थाओं से जुड़े करीब चवालीस हजार हितग्राही लाभान्वित होंगे मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस पर होने वाला राज्योत्सव इस बार तीन दिनों का होगा इसका आयोजन राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में किया जाएगा इस बार राज्योत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी बैठक में लिए गए अन्य फैसले के अनुसार राज्य में पुलिस महानिदेशक स्तर के तीन अतिरिक्त पदों को केन्द्रीय गृह मंत्रालय से सहमति नहीं मिलने के कारण भारतीय पुलिस सेवा के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को महानिदेशक वेतनमान में पदोन्नत करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है गौरतलब है कि बीते छह अक्टूबर दो हजार अट्ठारह को पिछली सरकार ने मुकेश गुप्ता संजय पिल्लई और आरके विज को अतिरिक्त महानिदेशक से महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया था इसी तरह राज्य मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछडे वर्गों के आरक्षण संबंधी छत्तीसगढ़ लोक सेवा संशोधन अध्यादेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है वहीं वर्ष दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार राज्य स्तरीय सीधी भर्ती के पदों में अनुसूचित जनजाति के लिए बत्तीस प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए निर्घारित किए गए तेरह प्रतिशत के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम में संशोधन करने का निर्णय भी लिया गया है मंत्रिमंडल के एक अन्य फैसले के तहत केन्द्र सरकार के जेम पोर्टल के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा सरकारी विभागों में खरीदी के लिए एक नया ऑनलाईन पोर्टल आगामी एक अक्टूबर से शुरू किया जाएगा उच्च शिक्षा संस्थान आरक्षण प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में अब स्वाधीनता सेनानियों के परिजनों को तीन प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है इसके तहत चालू शिक्षा सत्र के लिए स्वाधीनता सेनानियों के पुत्र पुत्रियों पौत्र पौत्रियों और नाती नातिन के लिए तीन प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे वहीं निःशक्त श्रेणी के आर्वेदकों के लिए पांच प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे मुख्यमंत्री केन्द्रीय खाद्य मंत्री मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से मिलकर भारतीय खाद्य निगम को छत्तीसगढ़ से बत्तीस लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की अनुमति देने का आग्रह किया है आज नई दिल्ली में श्री पासवान से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने इस संबंध में चर्चा की श्री बघेल ने बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में स्थापित उसना मिलों से खाद्य निगम में चावल खरीदे जाने का अनुरोध किया है ताकि इन क्षेत्रों के किसानों को लाभ मिल सके उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि गरियाबंद कवर्घा बेमेतरा मंगेली और पेण्डारोड जैसे कई स्थानों में राइस मिल की दरी खाद्य निगम के डिपो से बहत अधिक है मुख्यमंत्री र्न ऐसे स्थानों पर नए डिपो खोलने की मांग की श्री बघेल ने बारदाने की कमी की पूर्ति के लिए नए बारदाने खरीदने की अनुमति देने का भी आग्रह किया मुख्यमंत्री ने राज्य के सहकारी शक्कर कारंखानों के लिए अतिरिक्त कोटा जारी करने की भी मांग रखी चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री पासवान ने मुख्यमंत्री की मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है भवन लेआउट प्रदेश के जशपुर सुकमा बीजापुर कोरिया और बलरामपुर रामानुजगंज जैसे जिले के लोगों को भवनों तथा कालोनियों के नक्शे पास कराने के लिए अब राजधानी रायपूर तक नहीं आना पड़ेगा राज्य सरकार के निर्देश पर नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय ने नक्शा पास कराने की प्रक्रिया सरल बनाने की पहल की है इस संबंध में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के संचालक ने क्षेत्रीय कार्यालयों को आदेश जारी किया है इसके अनुसार अब छत्तीसगढ़ भूभि विकास नियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन और निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित लेआउट के अनुमोदन के लिए सभी प्रकरणों को संचालनालय में ना भेजकर उनका निराकरण स्थानीय स्तर पर ही करने के निर्देश दिए गए हैं सरदार पटेल एकता पुरस्कार केन्द्र ने देश की एकता और अखण्डता में योगदान देने के लिए सरदार वल्लम भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार की शुरूआत की है यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और उल्लेखनीय तथा प्रेरणादायक योगदान के लिए दिया जाएगा इकतीस अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाएगी

नई दिल्ली में हुए समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन दोनों कैडेटों को पुरस्कार प्रदान किए गौरतलब है कि प्रियंका बिस्सा स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई है और वे इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय युवा समिति की सदस्य भी है इससे पहले चीन में हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में वे भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं वहीं सिमरदीप स्याल को एनएसएस में रहते हुए गरीब परिवार के लोगों को चिकित्सा तथा शिक्षा संबंधी सहायता के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया फिट इंडिया दौड महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर दो अक्टूबर को देशभर के एक हजार पांच सौ से भी अधिक स्थानों पर फिट इंडिया दौड का आयोजन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान के तहत यह दौड़ आयोजित की जा रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि दी है अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय को देश के महानतम व्यक्तियों में से एक बताया प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे वंचित लोगों की सेवा करना ही दीनदयाल उपाध्याय का मुलमंत्र था इधर राजधानी रायपूर में एकात्म परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर पंडित दीनदयाल उपध्याय के व्यक्तित्व और उनके कार्यों पर प्रकाश डाला गया स्वच्छता पखवाड़ा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपूर रेल मंडल में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज दसवां दिन स्वच्छ आहार पेंट्रीकार थीम पर आधारित रहा आज तेरह रेलगाड़ियों के पेंट्रीकार में बन रहे खाने की गुणवत्ता की जांच की गई गौरतलब है कि भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत सोलह सितंबर से तीस सितंबर तक स्वच्छता पखवार्डे का आयोजन किया जा रहा है मौसम दक्षिण आंधप्रदेश और कर्नाटक के ऊपर बने चक्रवात के कारण प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के समाचार मिले हैं राजधानी रायपुर में कल शाम से लेकर अभी तक रूक रूक वर्षा हो रही है इसी तरह दर्ग राजनांदगांव बिलासप्र धमतरी कांकेर और बस्तर सहित प्रदेश को अन्य जिलों में भी तेज बौछारे पड़ी जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी जनकराम साहू ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि दक्षिण आंध्रप्रदेश के ऊपर बना चक्रवात छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरफ बढ़ रहा है इसके प्रभाव से अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है

संक्षिप्त समाचार द्र्ग और भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन को कल आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा बेमेतरा जिले के करही गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दो महिलाओं की मौत हो गई

बलौदाबाजार पुलिस ने बत्तीस लाख रूपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को नोयडा से गिरफ्तार किया है मूंगेली जिले के बोड़तरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक यूवक की मौत हो गई रायपुर जिले के नगरीय निकायों के वार्डों को आरक्षित करने की कार्यवाही कल की जाएगी